दंतेवाड़ा और सुकमा जिले की सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी कमांडर मारा गया मौके से हथियार और बड़ी मात्रा में नक्सली सामान बरामद रणजी ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धा में विदर्भ ने दिन का खेल खत्म होने तक तीन विकेट पर बनाए एक सौ उन्नीस रन छत्तीसगढ़ की पहली पारी दो सौ बत्तीस रन पर सिमटी पीएसएलवी प्रक्षेपण भारत के रॉकेट पीएसएलवी ने आज सवेरे आधुनिक भू पर्यवेक्षण उपग्रह हाईसिस को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया है यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से सवेरे किया गया पी एसएलवी आठ देशों का एक माइक्रो उपग्रह और उनतीस नैनो उपग्रह भी लेकर गया है इनमें एक माइक्रो उपग्रह सहित तेईस उपग्रह अमरीका के हैं इनके अलावा एक एक ऑस्ट्रेलिया कनाडा कोलम्बिया फिनलैंड मलेशिया नीदरलैंड और स्पेन का है हाईसिस अनेक फ्रिक्वेंसियों से समूची पृथ्वी की तस्वीरें भेजेगा इसका वजन तीन सौ अस्सी किलोग्राम है और यह पांच वर्ष से अधिक समय तक काम कर सकता है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने पीएसएलवी तैंतालीस की इस सफलता पर इसरो को बधाई दी है सुप्रीम कोर्ट नीट उच्चतम न्यायालय ने पच्चीस वर्ष से अधिक उम्र के उम्मीदवारों को नीट की परीक्षा देने की अनुमति दे दी है

मतगणना प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए ग्यारह दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं मतगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लगातार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में आज रायपुर में बलौदाबाजार गरियाबंद और रायपुर जिले के रिटर्निंग अधिकारियों और मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया आयोग की ओर से नियुक्त किए गए राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक ने इन अधिकारियों और कर्मचारियों को मतगणना कार्य की बारीकियों से रूबरू कराया इस प्रशिक्षण के बाद ये सभी कर्मचारी और अधिकारी अपने अपने जिलों में माइक्रो ऑब्जर्वर मतगणना अधिकारी सुपरवाइजर और अन्य मतगणना दल को प्रशिक्षण देंगे तहसीलदार निलंबित धमतरी के तहसीलदार राकेश ध्र्व को निर्वाचन निर्देशों का उल्लंघन किए जाने के कारण निलंबित कर दिया गया है निलंबन अवधि में श्री ध्रव को कलेक्टोरेट कार्यालय रायपुर में अटैच किया गया है उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले धमतरी जिले में मतगणना स्थल के स्ट्रांग रूम परिसर में तहसीलदार द्वारा अनाधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश कराये जाने की शिकायत सामने आई थी शिकायत को गंभीरता से लेते हए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर इस तहसीलदार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है

यह परीक्षा दो सौ निन्यानवे पदों के लिए ली गई थी पीएससी ने आठ सौ अस्सी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए चुना है इस परीक्षा का मामला हाईकोर्ट में लंबित होने की वजह से साक्षात्कार की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है आयोग ने एक बयान में बताया कि अदालत के फैसले के बाद साक्षात्कार की तारीख तय की जाएगी गौरतलब है कि पीएससी की परीक्षा के खिलाफ हाईकोर्ट में आठ याचिकाएं उम्मीदवारों ने लगाई हैं इन उम्मीदवारों के परिणाम जारी नहीं किए गए हैं पीएससी मुख्य परीक्षा में चार हजार से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे

विशेष पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन डीएम अवस्थी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ऑपरेशन प्रहार चार के तहत दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और जिला पुलिस बल के जवान फूलबगड़ी थाना क्षेत्र में गश्त पर निकले हुए थे

वहीं सुकमा जिले में चिंताग्रफा नाले के पास सुरक्षा बलों ने एक आईईडी बरामद किया है जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया माओवादियों ने यह बम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लगाया था रणजी ट्रॉफी टेनिस रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी स्पर्धा के चौथे मैच के दूसरे दिन विदर्भ ने पहली पारी में तीन विकेट खोकर एक सौ उन्नीस रन बना लिए हैं आज का खेल समाप्त होने तक फैज फजल तिरपन और अक्षय वडकर अड़तालीस रन बनाकर खेल रहे हैं इससे पहले छत्तीसगढ़ की टीम पहली पारी में दो सौ बत्तीस रन बनाकर ऑलआउट हो गई छत्तीसगढ़ की ओर से मनोज सिंह ने सबसे अधिक नाबाद सतहत्तर रन बनाए वहीं विदर्भ के गेंदबाज आदित्य ठाकरे ने छप्पन रन देकर सर्वाधिक पांच विकेट अपने नाम किए विदर्भ अभी भी छत्तीसगढ़ की पहली पारी से एक सौ तेरह रन पीछे है वहीं राजधानी में आगामी तीन दिसंबर से गोंडवाना कप ऑल इंडिया टेनिस ट्र्नामेंट के मुकाबले शुरू होंगे स्पर्धा का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह करेंगे इस टूर्नामेंट के क्वालीफाइंग राउड में छत्तीसगढ़ सहित देशभर से करीब एक सौ पच्चीस खिलाड़ी भाग लेंगे ट्र्नामेंट के विजेता को दस लाख रूपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे विशेष ग्राम सभा रबी फसल के लिए बीमा प्रकरणों के संबंध में किसानों को जागरूक करने के लिए राजनांदगांव जिले में एक से पंद्रह दिसंबर तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन ग्राम सभाओं में किसानों को फसल बीमा की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाए कलेक्टर ने कहा कि चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह पालन करते हुए इन ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाए मौसम प्रदेश में धीरे धीरे ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है पिछले एक हफ्ते से राजधानी रायपुर में ठंड महसूस की जा रही है खासकर रात का तापमान पंद्रह डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में इस समय हवाओं की दिशा उत्तर पूर्वी हो गई है जिसके कारण दिन का तापमान कम हुआ है लेकिन नमी आने से रात का तापमान कुछ बढ़ गया है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में अगले दो दिनों के दौरान ठंड बढ़ेगी प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा ठंड जगदलपुर में पड़ रही है जहां तापमान बारह डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है बस्तर के अलावा सरगुजा और बिलासपुर संभाग में भी अच्छी ठंड पड़ रही है लेकिन हवा की दिशा बदलने से रात का तापमान थोड़ा बढ़ा है

वे छियानवे वर्ष के थे

बालोद जिले के डौंडी में हाल ही में एक ठेकेदार की हत्या के मामले में पुलिस ने ओडिशा से एक महिला सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है